केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमन ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है कयोंकि अर्थव्यवस्था के प्रम्ख मानक सकारात्मक वृद्धि की ओर संकेत करते है

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमआई सुचकांक ऊर्जा खपत वस्तु एवं सेवा कर वसूली बैंक ऋणों में वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि बाज़ार में पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है जो एक सकारात्मक संकेत है

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गये अनेक उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मेवात क्षेत्र में शिक्षा व पानी की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं

आज सिरसा में एक और फरीदाबाद में दो कोविड मरीज़ो की मृत्यु हुई है राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श क्मार गोयल ने कल नई दिल्ली से पटाखों के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जागरूकता लाने के लिए चंडीगढ़ के दो विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तक सेफ एण्ड इको फ्रेंडली दिवाली प्रमोट ख्शहाली का ऑनलाइन विमोचन किया यह प्स्तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पर्यावरण अध्ययन विभाग की अध्यक्षा एवम एसोसिएट प्रोफेसर डॉ स्मन मोर और पीजीआई के जन स्वास्थ्य स्कूल एवं साम्दायिक चिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर खैवाल ने लिखी है प्स्तक में पटाखों में इस्तेमाल होने वाली जहरीली धात्ओं की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस तरह पटाखे चलने से होने वाला प्रद्रषण पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इस कारण कई हादसे भी होते हैं पुस्तक में पटाखे चलाने से पश् पक्षियों और वनस्पति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया गया है इसके अलावा इस किताब में पर्यावरण अन्कूल पटाखों के बारे में भी जानकारी दी गई है न्यायमूर्ति आदर्श क्मार गोयल ने डॉ स्मन मोर और रविंदर खैवाल के इस प्रयास की प्रशंसा करते हए कहा है कि यह प्स्तक पटाखों के कारण पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता लाकर इससे जुड़े कई सवालों के समाधान में मदद करेगी और लोगों को स्रक्षित व ख्शियों भरी दिवाली मनाने के लिए प्रेरित करेगी

प्लिस के अन्सार आरोपी महिला फरीदाबाद के राजीव नगर की रहने वाली है जबकि आरोपी ओम म्रारी हरकेश नगर का रहने वाला है प्लिस के अनस्ार दोनों को ऐतमाद प्र से ग्प्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया प्लिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है

ब्य्रो के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहला मामला लाहौरिया चौक हिसार से डीसीएम गेट मिलीगेट हिसार तक हरियाणा राज्य क़षि विपणन बोर्ड की सड़क के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल करने से संबंधित है

इन आरोपियो पर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं